विधायक प्राथमिकता बैठकों में विधायकों ने रखे निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित विकास कार्य प्रस्ताव विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं को जल्द पूरा करने का किया आग्रह केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने किसानों से प्रधानमंत्री पर भरोसा रखने और आंदोलन खत्म कर देश के विकास में सहयोग का किया अनुरोध और प्रदेश में बर्फबारी से प्रभावित इलाकों में जनजीवन होने लगा सामान्य सासे ने कुल्लू जिले में भू स्खलन का अलर्ट किया जारी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

प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नए कृषि कानून देश में छोटे और सीमांत किसानों के लिए विकास के नये द्वार खोलेंगे

केन्द्र सरकार द्वारा लागू किए गए कई सुधारों और योजनाओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार गरीबों और किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है नये कृषि कानूनों को वापस लेने की विपक्ष की मांग पर प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि रूकावटों से विकास हासिल करने में कभी भी मदद नहीं मिलती प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार ही नहीं बल्कि पहले की सरकारों ने भी समय समय पर कृषि क्षेत्र में सुधारों के प्रयास किए हैं प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा और नए कृषि कानून किसी भी तरह से कृषि उपज विपणन समितियों को कमजोर नहीं करेंगे

मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज शिमला में अगले वित्त वर्ष के लिए विधायकों की प्राथमिकता बैठक को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विधायक प्राथमिकताओं पर सर्वाधिक ध्यान देगी और इसके तहत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने पर जोर दिया जाएगा

विधायकों की प्राथमिकताओं के लिए आज पहले सत्र में चम्बा सिरमौर और ऊना ज़िलों के विधायकों के साथ बैठकें हुई इस दौरान विधायकों ने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित विकास कार्य संबंधी प्रस्ताव रखे और विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं को जल्द पूरा करने का आग्रह किया राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने नवनिर्वाचित जन प्रतिनिधियों से केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने का आहवान किया है वे आज चम्बा जिला के दौरे के दौरान भूरि सिंह संग्रहालय के सभागार में विभिन्न विभागाध्यक्षों के साथ आयोजित बैठक के दौरान बोल रहे थे राज्यपाल ने सभी को नई तकनीकों के माध्यम से जनसेवा करने और जनजातीय लोगों सहित किसानों के विकास के लिए कार्य करने को कहा उन्होंने विकास को तेजी से बढ़ाने के साथ साथ सभी कार्यो में पारदर्शिता लाने की बात कही इस दौरान उन्होंने रियासत काल के भूरि सिंह पावर हाउस का दौरा भी किया राजेन्द्र गर्ग खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग ने कहा है कि प्रदेश में ग्रामीण स्तर तक मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं ताकि हर क्षेत्र का समान विकास सुनिश्चित किया जा सके घुमारवीं के अप्पर गलासी में जनसमस्याएं सुनने के दौरान उन्होंने कहा कि हालांकि कोरोना काल में विकास कार्यों की गति धीमी हुई लेकिन अब दोबारा तीव्र गति से विकास कार्य किए जा रहे हैं राजेन्द्र गर्ग ने पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आहवान किया कॉलेज खुले प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में आज से नियमित तौर पर कक्षाएं शुरू हो गई हैं इसके लिए सभी प्रबंध किए गए हैं कालेजों में कक्षाएं लगाने के लिए माइको प्लान बनाए गए हैं और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एसओपी के तहत ही विद्यार्थियों को कक्षाओं में बैठाने की व्यवस्था की गई है पहले दिन आज कुछ कक्षाओं के विद्यार्थियों को ही कॉलेज बुलाया गया था कोरोना महामारी से बचाव के दृष्टिगत विद्यार्थियों व शिक्षकों सहित सभी कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य है इसके अलावा कॉलेज गेट पर विद्यार्थियों की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और कॉलेज कैंपस में जगह जगह हैंड सैनिटाईजर रखे गए हैं अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री द्वारा राज्यसभा के माध्यम से किसानों को एमएसपी का भरोसा देने को किसानों के हित में बताया है अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपनी वचनबद्धता दोहराते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य को आगे भी जारी रखने की बात करते हुए किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों की सभी शंकाओं को दूर किया और विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रामक प्रचार की पोल खोली उन्होंने किसानों से प्रधानमंत्री पर भरोसा रखने और आंदोलन खत्म कर देश के विकास को गति देने में पहले की तरह अपना सहयोग देने का आग्रह किया है अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के हित में कई अहम फैसले लिए हैं हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है

गोची उत्सव लाहौल स्पीति ज़िला के प्यूकर गांव में इन दिनों बेटियों के जन्म पर मनाए जाने वाले गोची उत्सव की धूम है ये उत्सव स्थानीय देवता तंगज़र महादेव की पूजा अर्चना के साथ श़ुरू होता है उपायुक्त पंकज राय ने इस उत्सव में शिरकत की और प्राचीन समय में प्रयोग किए जाने वाले पारम्परिक बर्तनों व हस्तशिल्प की वस्तुओं का अवलोकन किया उपायुक्त ने कहा कि गोची उत्सव पूरे देश के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बेहद सशक्त संदेश है उन्होंने लोगों से होम स्टे योजना से जुड़ने का आग्रह किया मौसम प्रदेश में बर्फबारी के बाद कई इलाकों में जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है हालांकि कई सड़कें अभी भी बंद हैं और बिजली व्यवस्था भी कई क्षेत्रों में बहाल नहीं हो पाई है

इस बीच सासे के चण्डीगढ़ स्थित केन्द्र ने कुल्लू जिले में भू स्खलन का अलर्ट जारी किया है सासे ने इस दौरान लोगों को ऊंचाई वाले और बर्फीले क्षेत्रों में न जाने की हिदायत दी है

इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को अभियान को सफल बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों से तालमेल बनाकर कार्य करने को कहा